राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश नारायण सिंह दूसरी बार दर्ज की जीत प्रधानमंत्री ने दी बधाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीन दिवसीय दुमका दौरे पर कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास और कृषि मंत्री ने कहा निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत वसूलने वाले यूरिया के थोक बिक्रेताओं पर होगी कार्रवाई उड़नदस्ता टीम करेगी जांच संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया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

आज सवेरे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सांसद एच वसंत कुमार प्रख्यात गायक पंडित जसराज तथा लालजी टंडन अजीत जोगी और चेतन चौहान सहित तेरह पूर्व सदस्यों को श्रद्दांजलि देने के बाद एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने दिवंगत नेताओं और राष्ट्र की रक्षा में शहीद हए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्वांजलि दी श्री बिड़ला ने चिकित्सकों नर्सों स्वच्छता कर्मचारियों पुलिस कर्मियों और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं जैसे उन कोरोना योद्वाओं को भी याद किया जिन्होंने महामारी से लड़ते हुए अपने प्राण गवां दिए

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिब् सोरेन ने आज राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण की श्री सोरेन के सदस्यता ग्रहण करने के बाद ट्वीट संदेश में उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ऐतिहासिक पल बताया उन्होंने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिबू सोरेन के मार्गदर्शन में झारखंड कई नई ऊंचाइयों को छुएगा गौरतलब है कि जून में झारखंड में दो सीटों के लिए हुए राज्यसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के बाद शिब् सोरेन स्वास्थ्य कारणों के चलते राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने दिल्ली नहीं जा पाए थे

इन विधेयकों का उद्देश्य होम्योपैथिक तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है

जनता दल यू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है सदन में सदस्यों ने ध्वानि मत से उनके नाम का अनुमोदन किया भाजपा सदस्य जे पी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया जिसे सदन ने मंजूर कर लिया बाद में सभापति एम वेंकैया नायड् ने उनके उपसभापति निर्वाचित होने की घोषणा की विपक्ष ने श्री हरिवंश के खिलाफ राष्ट्री य जनता दल के मनोज झा को उपसभापति के लिए नामित किया था विपक्षी दलों ने इसके लिए मतदान पर जोर नहीं दिया और जनता दल यू सांसद को ध्वानिमत से चुने जाने की घोषणा कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह के दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी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

अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन प्रस्कारों की घोषणा की जानी है इन प्रस्कारों के लिए नामांकन केवल पद्म अवार्डस पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीककार किए जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों राज्य सरकारों भारत रत्न तथा पदमविभूषण से सम्मानित व्यक्तियों तथा प्रतिष्ठित संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सिफारिश करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से तीन दिवसीय दुमका दौरे पर हैं श्री सोरेन के आज दुमका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तीन दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री दुमका में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

इस दौरान उपायुक्त ने कॉल सेंटर की कार्य शैली में सुधार के निर्देश दिए उन्होंने एम्ब्रलेंस सेल को हर वक्त कार्यरत रहने का निर्देश दिया

उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर सेल से ऐसे लोगों की जानकारी प्राप्त करें जो प्रशासन के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी यूरिया के वितरण से जुड़ी लैंप्स पैक्स और अन्य सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार प्रत्येक चयनित सहकारी समिति को पांच लाख रूपये तक की कार्यशील पूंजी प्रखंड स्तर पर देगी

कृषि मंत्री बादल ने पलामू और हजारीबाग प्रमंडल के सभी जिला के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हई बैठक में यह बाते कहीं कृषि मंत्री ने यूरिया के खुदरा और होलसेल व्यापारियों की मनमानी और निर्धारित कीमत से ज्यादा की राशि वसूलने की शिकायतों पर चिंता जताई उन्होंने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को जांच करने के आदेश दिये साथ ही खाद के ऐसे थोक बिक्रेताओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिया है जो निर्धारित मुल्य से ज्यादा कीमत पर यूरिया की बिक्री कर रहे हैं श्री बादल ने कहा कि यूरिया का कालाबाजारी को रोकने के लिये इफोर्समेंट मैकेनिज्म तैयार करें कृषि मंत्री ने प्रत्येक जिला में यूरिया का समानुपातिक वितरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया है पश्चिमी सिंहभूम जिले में किसानों को कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला के माध्यम से फसल आधारित कृ षि प्रणाली की जानकारी दी जा रही है

उपायुक्त ने लंबित कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकी आवंटन प्राप्त होते ही छात्रों को छात्रवृति राशि उनके बैंक खाते में हस्तारित की जा सके

उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर सभी का दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में रखा गया सजा के बिंद् पर सुनवाई करते हुए सभी को आजीवन कारावास और आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गई है पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराइकेला थाना क्षेत्र के बांदाबेड़ा में नक्सलियों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दिए जाने की सूचना है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाकपा माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है हालाँकि पुलिस ने अबतक घटना को पुष्टि नहीं की है एएसपी सह चक्रधरपुर के एसडीपीओ नाथू सिंह मीणा के मुताबिक भाकपा माओवादियों द्वारा एक ग्रामीण को उठाकर ले जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है संक्षिप्त खबरें आज भारतीय जन मोर्चा बीजेएम के जमशेदपुर के साकची कार्यालय में बड़ी संख्या कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेताओं ने पार्टी का दामन थामा चतरा जिले के गिद्दौर थाना क्षेत्र के इंद्रा गांव में बजपात की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गय खूंटी जिले के गुटजोरा पंचायत की राशनडीलर पर लाभुकों ने राशन बितरण में अनियमितता बरतने के साथ केम राशन देने का आरोप लगाया है शिकायत मिलने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी कनक ज्वाला ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है खूंटी उपकारा का एक कैदी आज सदर अस्पताल से सुरक्षा में तैनात जवानों को चकमा देकर फरार हो गया आरोपी हत्या के मामले में जेल में बंद था